प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत एक शांति प्रिय देश है लेकिन विपरीत स्थिति में किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं की रक्षा करने का संकल्प और दमखम रखता है आज नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर की समापन परेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना देश के दुश्मनों को करारा जवाब दे रही है

हम शांति के प्रबल समर्थक हैं लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में हम चूकेंगे नहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी कैडेट स्वच्छ भारत अभियान जैसी विभिन्न योजनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मुझे खुशी है कि बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट ने अनेक महत्वपूर्ण कदमों के साथ खुद को जोड़ा स्वच्छ भारत अभियान हो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हों जन जागरण जैसे अनेक मुद्दों को लेकर आपके प्रयास प्रशंसनीय हैं श्री मोदी ने केरल बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में एनसीसी कैडेटों के योगदान की सराहना की केरल में भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यो में एनसीसी के कैडेट का योगदान बहुत सराहनीय है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां लोगों की कई आकांक्षाएं हैं जिन्हें पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि युवाओं के सपने पूरा करने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की कड़ी मेहनत से ही सपने पूरे किए जा सकते हैं इससे पहले थलसेना नौसेना और वायुसेना के कैडटों ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जिसके बाद टुकडियों ने मार्चपास्ट किया

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन भी इस अवसर पर उपस्थित थीं

प्रधानमंत्री विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चे बिना किसी दबाव और तनाव के परीक्षा दे सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एक वैश्विक कार्यक्रम होगा उन्होंने बताया कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे और कार्यक्रम का प्रसारण भी कई देशों में होगा हमारा ये ग्लोबल इवेंट हैं रशिया में दोहा में ईरान में कतर में कुवैत में नाइजीरिया में और साउथ ईस्ट एशिया में सभी जगह ये नौ देशों से ज्यादा देशों में यह कार्यक्रम प्रसारित होगा और एक साथ लोग देखेंगे

केन्द्रीय विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने उच्चतम न्यायालय से एक बार फिर आग्रह किया कि वह अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई शीघ्र करे उन्होंने कहा कि अगर शबरीमाला मामले में ऐसा हो सकता है तो लंबे समय से विचाराधीन अयोध्या मामले में भी यह संभव है श्री प्रसाद ने पटना में कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग अयोध्या में मंदिर का निर्माण और उच्चतम न्यायालय में इस मामले की जल्दी सुनवाई चाहते हैं

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जानकारी देने को कहा है शीर्ष न्यायालय कार्ति चिदम्बरम की अगले कुछ महीनों में यूरोप यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती जनपद में बस्ती महोत्सव का श्रभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने चौंतीस करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि इस महोत्सव के द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ बस्ती जनपद के इतिहास और संस्कृति की भी जानकारी मिलेगी उन्होंने कहा कि बस्ती का एक सौ पचास वर्ष पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस को समाप्त करने के लिये पिछले वर्ष अड़तीस जनपदों में विशेष अभियान चलाया गया था इस वर्ष भी यह अभियान चलाया जायेगा

इस अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बस्ती जनपद को स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बनाया जायेगा क्योंकि यह जनपद इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से काफी संवेदनशील है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा जनपद में कल बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस के सिपाही हर्ष कुमार की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने शहीद कांस्टेबिल की पत्नी को चालीस लाख रूपये तथा माता पिता को दस लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की है

गौरतलब है कि मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के इन्द्रपुर गांव में बीती रात बदमाशों से हुई मुठभेड़ में सिपाही की मौत हो गई तथा जवाबी कार्रवाई में एक हिस्ट्रीशीटर शिवकुमार उर्फ शिबिया भी मारा गया शहीद हर्ष क्मार हाथरस जनपद के रहने वाले थे प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहन के चलते इस वर्ष गन्ना बोआई क्षेत्रफल में पिछले वर्ष के मुकाबले बाईस प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह बाईस लाख हेक्टेयर हो गया है जिससे चालू वर्ष के दौरान दो हजार एक सौ इकतीस लाख टन गन्ना उत्पादन की संभावना है यह उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले सत्रह प्रतिशत अधिक होगा गन्ना क्षेत्रफल में वृद्धि और अधिक गन्ना उत्पादन के चलते पेराई सत्र दो हजार अट्ठारह उन्नीस में एक हजार एक सौ पचास लाख टन गन्ने की पेराई से एक सौ चौबीस लाख टन चीनी उत्पादित हाने की संभावना है यह जानकारी देते हुए गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का शत प्रतिशत समय से भुगतान कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर है उन्होंने बताया कि गत पेराई सत्र दो हजार सत्रह अट्ठारह के देय गन्ना मूल्य पैंतीस हजार चार सौ तिरसठ करोड़ के सापेक्ष चौंतीस हजार दो सौ तिरपन करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया गया है मात्र एक हजार दो सौ दस करोड़ अवशेष है जिसे शीघ्र कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि भूगतान न करने वाली मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है कुशीनगर जिले के हेतिमपुर क्षेत्र में आज वायुसेना का एक लड़ाकू विमान जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हो गया लेकिन विमान के जमीन पर गिरने से पहले ही पायलट पैराशूट के सहारे कूद कर बच गया सूचना मिलते ही मौके पर वायु सेना व प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गये घायल पायलट को इलाज के लिये ले जाया गया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जमीन पर गिरने के पूर्व ही विमान में विस्फोट के साथ आग लग गई जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वायुसेना का यह विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है जांच के लिये कोर्ट ऑफ इंक्वारी का आदेश दिया गया है